प्रज्ञा कार्यवाई नाथुराम गोड़से के समर्थन में की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाक्र को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी एसे बयानों और विचारधारा का कभी समर्थन नहीं करती श्री नड्डा ने यह भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को इस सत्र में संसदीय पार्टी की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी उधर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रज्ञा ठाक्र की कथित टिप्पणियों की निन्दा की है वहीं प्रदेश कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है

मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इसके साथ ही महाराष्ट्र में कई दिनों से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अहमद पटेल शरद पवार सहित विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे बीएसएनएल एमटीएनएल केन्द्र ने सरकारी टेलीफोन कम्पनियों बीएसएनएल और एम टीएनएल को प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने के प्रति अपनी वचनबद्वता दोहराई है राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में नई जान फूंकने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि दोनों दूरसंचार कम्पनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का फायदा देने का प्रस्ताव किया गया है

अनूठी पहल जब आला अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ने भेजते है तो उस संस्थान की कायापलट होने में देर नहीं लगती ऐसी एक पहल सतना जिले की जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेरणा सिंह ने की है उन्होंने अपनी ढाई साल की बेटी मर्णिका सिंह का दाखिला जिले के आंगनवाड़ी केन्द्र में कराया है सीईओ प्रेरणा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र में सभी बच्चों को अच्छे माहौल में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

इसमें महाप्रबंधक जिला व्यापारी एवं उद्योग केन्द्र एसआर चौबे द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने बताया कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में यह एक्ट पारित करवाकर लागू कर दिया जाएगा श्री पांसे ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने पर मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ लोगों को पानी का कानूनी अधिकार मिलेगा उन्होंने बताया कि पानी का अधिकार कानून लागू करने के लिये बजट में एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है श्री पांसे ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हर घर नल से जल पहँचाने के लिये योजनाबद्व तरीके से कार्य कर रही है

इन केन्द्रों मे समुदाय स्तर पर क्पोषित बच्चों की देखभाल और पोषण प्रबंधन किया जाएगा इस व्यवस्था पर लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी

इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा शामिल हो सके इसलिए विकासखण्डों में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में खेल विभाग के ग्रामीण युवा समन्वयकों द्वारा युवाओं को सेना में भर्ती के संबंध में जानकारी दी जा रही है इसके अलावा युवाओं के अलग अलग बैच बनाकर दौड़ कराई गई और उपयुक्त उम्मीदवार चिंहित किए गए

इससे पहले दोनों तीरंदाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिये व्यक्तिगत ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था अंतिम चार में अंकिता ने भूटान की कर्मा को जबकि दीपिका ने वियतनाम की एनगुएट डोथि एन को हराया था

यह घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने की

दल में शामिल निवास कुंटे ने बताया कि तेरह सौ किलोमीटर की यात्रा में जगह जगह लोगों को वित्तीय साक्षरता और निवेष के बारे में बताया गया

जिसमें बाइक पर सवार दो लोगो की मौत हो गई

प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है